हाजीपुर में सीमांचल एक्सप्रेस द्र्घटना की जांच आज से होगी शुरू

उच्चतम न्यायालय शारदा चिट फंड मामले की जांच में बाधा पहुंचाने और सबूत नष्ट करने के लिए कोलकता पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना के आरोपों से संबंधित सीबीआई की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सीबीआई ने कल न्यायालय में याचिका दायर की थी और पश्चिम बंगाल सरकार को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वह चिटफंड मामले की जांच में सहयोग करे और पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को प्रछताछ के लिए उपलब्ध कराये सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई की ओर से उच्चतम न्यायालय की पीठ को बताया कि इस मामले में असाधारण स्थिति पैदा हो गई है उन्होंने इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की इस मामले में जांच के लिए सीबीआई अधिकारियों का एक दल रविवार को कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के आवास पर पहुंचा था इसके बाद सीबीआई अधिकारियों को कुछ समय के लिए हिरासत में रख लिया गया था इधर चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से सीबीआई की प्रछताछ की कोशिश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी आज सुनवाई होगी न्यायमूर्ति शिवकांत प्रसाद ने कल इस मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था वैशाली के सहदेई बुजुर्ग स्टेशन के समीप सीमांचल एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच आज से शुरू होगी पूर्वी सर्किल के रेल सुरक्षा आयुक्त लतीफ खान इस दुर्घटना की हरेक पहलुओं की जांच करेंगे बरौनी हाजीपुर रेलखंड पर रविवार को सीमांचल एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद रेल परिचालन को सुचारू करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं देर रात तक काम जारी रहने के कारण सात पैंसेंजन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है जबकि तीन एक्सप्रेस ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है दूर्घटना में घायल दस यात्रियों का इलाज पटना के पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है इनमें एक की हालत गंभीर बतायी जा रही है पटना के राजेन्द्र नगर टर्मिनल और इन्दौर के बीच चलने वाली राजेन्द्रनगर इंदौर एक्सप्रेस सोमवार से सप्ताह में दो दिन चलेगी पहले यह ट्रेन हफ्ते में एक दिन ही चलती थी पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि राजेन्द्रनगर से इंदौर के लिए यह ट्रेन शुक्रवार के अलावा बुधवार को भी खुलेगी वहीं इंदौर से प्रत्येक हफ्ते बुधवार और सोमवार को खुलेगी इधर पन्द्रह फरवरी से साप्ताहिक हमसफर एक्सप्रेस का परिचालन भी शुरू हो जायेगा यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को मधुपुर से खुलकर मोकामा पटना दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते आनंद विहार तक जायेगी राज्यपाल और कुलाधिपति लालजी टंडन ने कहा है कि प्रदेश का शैक्षिक उत्थान कर इसकी गरिमा को पुनर्स्थापित किये जाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को शामिल करा पाने में सफलता हासिल की जा सकेगी श्री टंडन ने राजभवन में आयोजित बिहार में उच्च शिक्षा की रूपरेखा विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अनुरूप देश के लोगों को तैयार करने के लिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय अपनी जिम्मेवारियों को गंभीरतापूर्वक समझें उन्होंने कहा कि आज संसाधनों की कोई कमी नहीं है जरूरत है सिर्फ पक्के इरादों के साथ लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट परीक्षा कल से शुरू होगी सोलह फरवरी तक चलने वाली इस परीक्षा में तेरह लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा के लिए प्रदेश भर में एक हजार तीन सौ उनतालीस केन्द्र बनाये गये हैं श्री किशोर ने बताया कि समिति की ओर से एक कंट्रोल रूप की स्थापना की गयी है यह केन्द्र सोलह फरवरी तक चौबीस घंटे काम करेगा परीक्षा संबंधी किसी समस्या होने पर शून्य छह एक दो दो दो तीन शून्य शून्य शून्य नौ पर सूचित किया जा सकता है भारतीय बैंक संघ ने बैंकों को परामर्श जारी कर तीन लाख रूपये तक के कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड के लिए प्रक्रिया दस्तावेजीकरण जांच और अन्य सभी सेवा प्रभार माफ करने का अनुरोध किया है कृषि मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार देश में इक्कीस करोड़ से अधिक छोटे और सीमांत किसान हैं समावेशी विकास हासिल करने के लिए किसानों को समय पर और किफायती ऋण उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है मंत्रालय ने यह भी कहा है कि बाढ़ सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से छोटे और सीमांत किसान सबसे अधिक प्रभावित होते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को बैंकों से समय पर और पर्याप्त ऋण सहायता उपलब्ध कराना है ताकि बुवाई के लिए लघु अवधि ऋण खेती के लिए निवेश और संबद्ध गतिविधियों तथा अन्य जरूरतों को पूरा किया जा सके केन्द्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत वित्तीय समावेशन का अभियान शुरू करने का फैसला किया है विज्ञप्ति के अनुसार इस अभियान की शुरूआत राज्य सरकारों के सहयोग से वित्तीय संस्थानों के जरिये की जाएगी वित्तीय सेवा विभाग इस बारे में वित्तीय संस्थानों को निर्देश जारी कर चुका है राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने सभी पुलिस अधीक्षको को आपराधिक मामलों के अनुसंधान में तेजी लाने और कुर्की जब्ती की कार्रवाई तीव्र गति से करने का निर्देश दिया है वैशाली के हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के शाही कॉलोनी के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति से डेढ़ लाख रूपये लूट लिये पटना पुलिस की टीम ने कुख्यात अपराधी शत्रुध्न कुमार उर्फ जटाहा और उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पुसौली पावरग्रिड के पास राष्ट्रीय उच्च पथ दो पर पुलिस ने छापेमारी कर तस्करी के पशु जब्त किये तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में पन्द्रह पैसे और डीजल के मूल्य में दस पैसे की कटौती की है राज्य में खिलाड़ियों को उनकी मेधा के आधार पर सरकारी की नौकरियों में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गयी है सामान्य प्रशासन विभाग ने खेलवार पांच उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए औपबंधिक मेधा सूची जारी कर दी है स्क्र्टनी के बाद पहले चरण में बहाली के लिए छप्पन खिलाड़ियों की सूची जारी की गयी है विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ओलम्पिक में शामिल खेलों को मानक मानकर इन खिलाड़ियों का चुनाव किया गया है गौरतलब है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अंतिम बार वर्ष दो हजार बारह तेरह में खिलाड़ियों की नियुक्ति की गयी थी बक्सर में खेले जा रहे उनहतरवें राज्यस्तरीय मोइनुलहक फुटबॉल टूर्नामेंट में गया और बक्सर की टीमों ने जीत दर्ज कर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है इस टूर्नामेंट में खेले गये मुकाबलों में मेजबान बक्सर की टीम ने बांका को दो एक से जबकि एक अन्य मैच में गया ने सुपौल की टीम को पांच दो से पराजित किया आज सीवान और वैशाली तथा कटिहार और दानापुर रेलवे की टीमों के बीच मुकाबला होगा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 हिन्दुस्तान का शीर्षक है माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति मिली दैनिक भास्कर की सुर्खी है ममता बनर्जी दूसरे दिन भी धरने पर सोलह राज्यों के इक्कीस दलों ने समर्थन किया राजनाथ बोले पश्चिम बंगाल में संवैधानिक व्यवस्था टूट चुकी है अखबार लिखता है आज सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई राज्यपाल की रिपोर्ट पर चर्चा दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमिश्नर सुबूत मिटाने के दोषी हुए तो पछताएंगे

आज अखबार का शीर्षक है ऋषि कुमार शुक्ला ने संभाला सीबीआई निदेशक का पद

हाजीपुर में सीमांचल एक्सप्रेस द्र्घटना की जांच आज से होगी शुरू